उन्होंने कहा कि इस महोत्सव ने सभी पूराने रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें विद्यार्थियों ने दो विश्व रिकॉर्ड बनाये ये केले के डीएनए को अलग करने और प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के बारे में हैं डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव डॉक्टर रेनू स्वरूप ने लखनऊ में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत आज आखिरी दिन विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किये इन वैज्ञानिकों ने आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हए शोघ कार्य किए थे उद्योग और रैक्षिक जगत के बीच संवाद के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं ई कूडे से माइक्रो बायोलोजिकल कूड़ों को दूर करने की तकनीक विकसित करने के लिए डॉ नितिन अधापुरे को सम्मानित किया गया प्रदूषित जल को साफ करने की टिकाऊ तकनीक विकसित करने के लिए डॉ वनिता प्रसाद सेनेटरी नैपकिन के लिए एन विगनेश को प्रस्कृत किया गया इसोफेगियल कैंसर के मामले में शोध के लिए निशांत कृमार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए डॉ अन्पमा सिंह आईओटी कमोडिटी कैमरा की डाटा एनालिसिस विकसित करने के लिए डॉ राजीव पांडे और प्राकृतिक फाइबर के क्षेत्र में शोघ के लिए डॉ मुर्गन कोट्टाईसामी को पुरस्कृत किया गया वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने कहा है कि राफेल लड़ाकू विमान और एस चार सौ मिसाइलें हासिल करने से देश की वायुसेना की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी श्री धनोआ आज गाजियाबाद में हिंडन वायुसेना अड्डे पर वायुसेना की छियासीवीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि छत्तीस राफेल लड़ाकू विमान एस चार सौ मिसाइल अपायी हमलावर हेलीकॉप्टर और शिनुक भारी हेलीकॉप्टर हमारी क्षमताओं को और बढ़ाएगे वायु सेना दिवस पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि हमारे लड़ाकू विमानों की मजबूत पकड़ और तत्परता पर हर भारतीय को गर्व है उन्होंने कहा कि वायुसेना पूरी प्रतिबद्वता और साहस के साथ देश की रक्षा करती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वायुसेना दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र वायुसेना के शूरवीरों और उनके परिवारों को सलाम करता है उन्होंने कहा कि ये न केवल हमारे आकाश को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदाओं के दौरान मानवता की सेवा भी करते हैं निर्वाचन आयोग अगले वर्ष के आम चुनाव को देखते हुए दस लाख से ज्यादा मतदान केन्द्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और मतदान सत्यापन पर्ची वीवीपैट आवंटित करने की प्रक्रिया में जुटा है आयोग ने कहा है कि इस चुनाव में लगभग बाईस लाख बैलेट यूनियों सोलह लाख नियंत्रण इकाईयों और सत्रह लाख वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा आयोग पांच राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ईवीएम और वीवीपैट के निर्माण और आपूर्ति की स्थिति का जायजा ले रहा है नेपाल सरकार ने भारत की सीमा पर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये दोनों देशों से आने जाने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच करने तथा निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है आधिकारिक सूत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिये नेपाल का महामारी और रोग नियंत्रण विमाग देश के समी बस अड्डों पर स्वास्थ्य जांच डेस्क के गठन की योजना बना रहा है प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री ने कहा है कि शीघ्र ही जेल मैन्युअल में आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के जमाने में बने जेल मैन्युअल में बदलाव का कार्य तेजी से चल रहा है इसके लिये ड्रॉफ्ट भी तैयार कर लिया गया है जेल राज्य मंत्री कल जौनपुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश के जेलों की क्षमता उन्सठ हजार के आसपास है लेकिन उसमें एक लाख से अधिक बन्दी रह रहे हैं राज्य मंत्री ने बताया कि बंदियों की अधिक संख्या को देखते हुये बैरकों की संख्या बढ़ायी जा रही है उन्होंने बताया कि इलाहाबाद जौनपुर अम्बेडकरनगर चित्रकूट इटावा और कानपुर सहित कई जिलों में नये जेल के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है इनका निर्माण शीघ्र शुरू हो जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडोनेशिया में हो रहे एशियन पैरा गेम्स दो हजार अट्ठारह में भारतीय बैडमिंटन टीम को कांस्य पदक जीतने तथा टीम के सदस्य आईएएस श्री सुहास एलवाईको स्पर्धा के सेमीफाइनल में सिंगल्स मैच जीतने पर बघाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सुहास एलवाई एवं टीम के अन्य खिलाड़ियों ने लगन और परिश्रम के बल पर बेहतरीन प्रदर्शन करके प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है